मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को आश्वासन दिया कि नई सरकार उनके सपनों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोडेगी कल देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है श्री मोदी ने कहा कि नया मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास देश के सभी क्षेत्रों में विकास को सही रास्ता दिखाएगा इससे पहले एनडीए के नेताओं ने भी राष्ट्रपति भवन में श्री कोविंद से भेंट की और उन्हें एनडीए घटक दलों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल जेडीयू से नीतीश कुमार एलजेपी के राम विलास पासवान और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी प्रतिनिधिमंडल में थे वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी इस मौके पर मौजूद थीं राष्ट्रपति ने श्री मोदी से कहा कि वे अपने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त होने वाले सदस्यों के नाम उन्हें सुझाएं और राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय की जानकारी दें मोदी नायडु वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू से उनके निवास पर मुलाकात की उप राष्ट्रपति ने नरेन्द्र मोदी को एनडीए का नेता और प्रधानमंत्री पद के लिये चुने जाने पर बधाई दी दोनों नेताओं के बीच संसदीय संस्थाओं के विकास को तेज करने और उन्हें मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई

सहकारिता आयक्त राज्य के सहकारिता आयुक्त ने कहा है कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध करवाने की योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने कहा है कि इस संबंध में प्रकाशित समाचार सत्य नहीं है उन्होंने साफ कहा कि सहकारिता विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है राज्य में किसान कल्याण प्राथमिकता से किया जा रहा है ऐसी दशा में इस तरह की काल्पनिक बात महज अफवाह फैलाने का प्रयास ही है योजनाओं के लिए आवश्यक बजट प्रावधान भी किया गया है मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये फोटो युक्त मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है पुनरीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण तीन और चार जून को दिया जाएगा

कल मंत्रालय में पर्यटन के क्षेत्र में रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिये उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि पर्यटन उद्योग से लोगों को रोजगार मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन नीति में ऐसे ट्ररिस्ट सर्किट और डेस्टिनेशन हब बनाना होंगे जिससे पर्यटक एक से अधिक पर्यटन स्थलों पर आसानी से पहुंच सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इससे जुड़ी सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं में बेहतर तालमेल जरूरी है

श्री प्रेम सिंह चौहान का कल इलाज के दौरान मुम्बई में निधन हो गया था

दो दिन पहले ही उन्हें इलाज के लिये मुम्बई के लिलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज सुबह भोपाल के साकेत नगर स्थित श्री चौहान के निवास पर पहुंचकर श्रद्वासुमन अर्पित कर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की श्रद्वांजलि अर्पित करने वालों में भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी श्री चौहान के निवास पर पहुंचकर श्रद्वांजलि अर्पित की विश्व कप निशानेबाजी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ विश्वकप आज से जर्मनी के म्यूनिख में शुरू हो रहा है

भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला अंजूम मौदगिल और इलावेनिल वलारिवन प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान के लिये प्रयास करेंगे मौसम आज नौतपा का दूसरा दिन है

हालांकि मौसम वैज्ञानिक नवतपे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मानते हैं

कहीं कहीं बादल छाने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ ब्रूदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है

कोई वेदर सिस्टम नहीं बनने नमी में कमी होने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण आगामी कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद् नहीं है

मौसम विभाग ने छतरपुर दमोह उमरिया और सागर जिलों में कही कहीं लू चलने की आशंका जताई है

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के संचालक कृष्णगोपाल तिवारी ने सभी कलेक्टरों मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं विश्व तम्बाखू निषेध दिवस पर स्थानीय स्तर पर विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों नगरपालिका नगर निगम जिला पंचायतों जनपद पंचायतों ग्राम पंचायतों स्वैच्छिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के लिये जन जागृति कार्यक्रम किये जायेंगे वहीं स्थानीय स्तर पर रैली की जायेगी जिसमें आम नागरिक बच्चे युवा और महिलाएँ शामिल होंगे सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर बैनर लगाकर और पैम्फलेट वितरित कर लोगों को नशामुक्ति के लिये प्रेरित किया जायेगा स्थानीय अस्पतालों में लोगों का स्वास्थ्य परिक्षण भी किया जायेगा होशंगाबाद जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के मौके पर रैली निकाले जाने के साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर भी लोगों को तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी

इसमें दिव्यागजनों से संबंधित योजनाओं की जानकारी और प्रगति के बारे में चर्चा होगी